कुल संतानवे हजार एक सौ छह करोड़ रूपये के इस बजट को गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के मूलमंत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है इस बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिए अड़तीस प्रतिशत राशि के प्रावधान के साथ ही अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए चौंतीस प्रतिशत और अनुसूचित जाति क्षेत्रों के विकास के लिए तेरह प्रतिशत राशि का प्रावधान किया गया है वहीं बजट में करीब सोलह प्रतिशत राशि स्कूल शिक्षा और करीब छह प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए रखी गई है अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि बस्तर संभाग के सभी जिलों में बस्तर टाइगर्स नाम से विशेष प्रलिस बल का गठन किया जाएगा इसके अलावा छत्तीसगढ़ की कलाकृतियों और शिल्प कला के साथ ही कृषि और वनोपज के उत्पादों तथा व्यंजनों को एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के लिए राज्य के विभिन्न शहरों के साथ ही दूसरे प्रदेशों में भी सी मार्ट स्टोर की स्थापना की जाएगी बजट में मत्स्य पालन को कृषि के समान दर्जा देने की घोषणा के साथ ही पारंपरिक ग्रामीण व्यावसायिक कौशल को पुनर्जीवित करने के लिए चार नये विकास बोर्ड तेलघानी चर्म शिल्पकार लौह शिल्पकार और रजक कार विकास बोर्ड के गठन की भी घोषणा की गई पौनी पसारी योजना के समान ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल इंडस्ट्रीयल पार्क की स्थापना की जाएगी ग्रामीण कृषि भूमिहीन श्रमिकों के लिए नई न्याय योजना शुरू की जाएगी तेंद्रपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करने का प्रावधान बजट में किया गया है

कांकेर कोरबा और महासमुंद में नये चिकित्सा महाविद्यालयों के भवन निर्माण के लिए बजट में तीन सौ करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है वहीं सन्ना जशपुर और शिवरीनारायण में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा रिसाली भिलाई में तीस बिस्तरों के अस्पताल की स्थापना की जाएगी रायपुर के पंडरी इलाके में तीन सौ पचास करोड़ रूपये की लागत से जेम्स और ज्वेलरी पार्क स्थापित किया जाएगा नारायणपुर कोंडागांव महासमुंद कोरबा दंतेवाड़ा सुकमा और बीजापुर में एक एक बालक तथा कन्या छात्रावास की स्थापना की जाएगी स्वामी आत्मानंद योजना के तहत एक सौ उन्नीस नये अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे कांकेर जिले में बीएड कॉलेज की स्थापना की जाएगी नवा रायपुर में भोपाल के भारत भवन की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक परिक्षेत्र का निर्माण कराया जाएगा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए राज्य स्तरीय हेल्प डेस्क सेंटर की स्थापना की जाएगी तृतीय लिंग के व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए देश में अपनी तरह का पहला आश्रम सह पुनर्वास केन्द्र स्थापित किया जाएगा बजट में कौशल्या मातृत्व योजना शुरू करने की घोषणा की गई है इसके तहत संतान के रूप में दूसरी बालिका का जन्म होने की स्थिति में महिलाओं को पौष्टिक भोजन प्राप्त करने के लिए पांच हजार रूपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी

किसी पत्रकार की दुर्घटना या आकस्मिक रूप से मृत्यु होने पर उसके परिवार को अब दो लाख रूपये के बजाय पांच लाख रूपये की सहायता प्रदान की जाएगी मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया गया कि अब नदियों के किनारे विद्युत लाइन का विस्तार किया जाएगा ताकि इन इलाकों में स्थित खेतों को सिंचाई की सुविधा मिल सके स्वच्छता दीदियों के मानदेय को पांच हजार रूपये से बढ़ाकर छह हजार रूपये किया जाएगा बजट प्रतिक्रिया बजट पेश करने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह बजट प्रदेश को हर क्षेत्र में नई ऊचाइंयों पर ले जाने के उद्देश्य से लाया गया है उन्होंने कहा कि समग्र विकास शिक्षा में सबके लिए समान अवसर अधोसंरचना विकास संवेदनशील और प्रभावी प्रशासन स्वास्थ्य तथा बदलाव के उद्देश्य को ध्यान में रखकर यह बजट तैयार किया गया है दूसरी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ सरकार के बजट को निराशाजनक बताया है उन्होंने कहा कि बीते दो वर्षो के दौरान राज्य सरकार की नीतियों की वजह से प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है श्री साय ने कहा कि बजट में युवाओं महिलाओं किसानों और बुजुर्गों के लिए किसी भी तरह की ठोस पहल नहीं की गई है वहीं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इसमें छत्तीसगढ़ को नई दिशा देने वाला कोई प्रावधान दिखाई नहीं देता उन्होंने कहा कि अपनी नाकामियों का दोष बार बार केन्द्र सरकार को देकर राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकती नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार बजट का आकार छोटा किया गया है उन्होंने कहा कि यह प्रदेश के लिए दुर्भाग्यजनक स्थिति है परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का चौथा संस्करण इसी महीने आयोजित किया जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी आगामी परीक्षाओं के सिलसिले में स्कूल के छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ गहन चर्चा करेंगे

इसके लिए वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट सीओडब्ल्यूआईएन डॉट जीओवी डॉट इन पर पंजीकरण कराया जा सकता है साथ ही कोविन टू प्वॉइंट जीरो पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से भी पंजीकरण कराया जा सकता है देश के दस हजार सरकारी अस्पतालों में यह वैक्सीन मुफ्त लगायी जाएगी जबकि करीब बीस हजार निजी टीकाकरण केन्द्रों पर वैक्सीन का खर्च लोगों को वहन करना होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरूआत करते हुए आज सुबह नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जाकर कोरोना वायरस के टीके की पहली खुराक ली उन्होंने राष्ट्र को कोविड मुक्त बनाने के लिए लोगों से अपील की कि वे इस टीके को अवश्य लगवाएं इधर छत्तीसगढ़ में भी साठ वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों और पैंतालीस से उनसठ वर्ष के बीच के को मोरबीडिटी पीड़ितों को आज से कोविड टीका लगाया जा रहा है शासकीय अस्पतालों के साथ ही निर्धारित निजी अस्पतालों में भी कोरोना का टीका लगाया जाएगा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि प्रारंभिक स्तर पर प्रदेश में अभी सौ टीकाकरण केन्द्र बनाए गए हैं जिनमें साठ सरकारी और चालीस निजी क्षेत्र के अस्पताल हैं इस चरण में प्रदेश की कुल आबादी के दस प्रतिशत यानी करीब तीस लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा

लेकिन निजी अस्पतालों में लोगों को अधिकतम सौ रूपये सेवा शुल्क और डेढ़ सौ रूपये वैक्सीन मिलाकर कुल करीब ढाई सौ रूपये भुगतान करना होगा इस बीच जशप्र जिले के सन्ना स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय परिसर में कोरोना संक्रमण के छह नये मरीज मिले हैं इनमें हॉस्टल अधीक्षिका और पांच छात्राएं शामिल हैं वहीं राजनांदगांव जिले में कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव का संदेश देने के लिए आज एक जागरूकता रैली निकाली गई और नुक्कड़ नाटक भी किया गया

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस हवाई सेवा का शुभारंभ किया कार्यक्रम की अध्यक्षता केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की मुख्यमंत्री श्री बघेल और केंद्रीय मंत्री श्री प्री इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल हुए बिलासा देवी केंवट विमानतल बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम स्थल पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक उपस्थित थे वर्चुअल रूप से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री पुरी ने कहा कि इस हवाई सेवा के शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा केंद्रीय मंत्री ने बताया कि रायपुर एयरपोर्ट में नये टर्मिनल का निर्माण प्रस्तावित है वहीं अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने रायपुर से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा शुरू करने की जरूरत बताई आज दिल्ली से जबलपुर होती हुई पहली फ्लाइट बिलासपुर पहुंची जहां परंपरागत् रूप से वाटर कैनन से इसका स्वागत किया गया इसके बाद बिलासपुर से यह फ्लाइट प्रयागराज होते हुए दिल्ली के लिए रवाना हुई गौरतलब है कि बिलासपुर से नई दिल्ली के बीच शुरू हुए इस हवाई सेवा के तहत बहत्तर सीटर एयरक्राफ्ट की दो फ्लाईट सप्ताह में चार दिन सोमवार बुधवार शुक्रवार और रविवार को संचालित होंगी पुलिस भर्ती परिणाम छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए गए हैं दो हजार दो सौ उनसठ पदों पर भर्ती के लिए तेईस जिलों के उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की गई है विभाग की वेबसाइट पर रिजल्ट देखे जा सकते हैं इसमें रायपुर रेंज से कुल तीन सौ पंचानवे उम्मीदवारों का चयन हुआ है इनमें तीन सौ पंद्रह पुरूष और इकहत्तर महिला शामिल हैं पुलिस भर्ती प्रक्रिया में विशेष बात यह है कि पहली बार तृतीय लिंग के पंद्रह उम्मीदवारों आरक्षक बने हैं पुलिस विभाग द्वारा भर्ती प्रक्रिया में तृतीय लिंग का कॉलम देने के कारण इस वर्ग के प्रतिभागी भी शामिल हो सके संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल राजनांदगांव जिले डोंगरगढ़ में प्रसाद योजना के तहत तैंतालीस करोड़ रूपये से अधिक के विकास कार्यों का भूमिपूजन करेंगे केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए जीएसटीआर नाइन और जीएसटीआर नाइनसी की वार्षिक रिटर्न भरने की तिथि इकतीस मार्च तक बढ़ा दी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज उनके रायपुर स्थित निवास कार्यालय में पूर्व भारतीय क्रिकेटर गुंडप्पा विश्वनाथ ने सौजन्य भेंट की उन्होंने मुख्यमंत्री को रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पांच मार्च से शुरू हो रहे रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट लीग के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया दुर्ग में तीन मार्च से थल सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा भर्ती में शामिल होने वाले युवाओं की परीक्षा पूर्व तैयारी के लिए जांजगीर चांपा जिला प्रशासन द्वारा विशेष प्रशिक्षण शिविर लगाया गया बीजापुर जिले के उसूर थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने तीन माओवादियों को गिरफ्तार किया है इनके पास से विस्फोटक सामग्री टिफिन बम अमोनिया नाइट्रेट और डेटोनेटर सहित अन्य सामग्रियां बरामद की गई हैं बीजापुर जिले के जांगला के पास सड़क हादसे में एक अंतर्राज्यीय क्रिकेट खिलाड़ी सहित दो युवकों की मौत हो गई धमतरी में नवीन ढाबा और संबलपुर के बीच अर्जुनी पुलिस ने एक लाख रूपये कीमत का गांजा बरामद किया है इस मामले में उत्तरप्रदेश के दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र में आज दिनदहाड़े अज्ञात लोगों ने खम्हार ग्रामीण बैंक के कैशियर को गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया घायल कैशियर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है क्षेत्र में नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश की जा रही है अंबिकापूर के कोतवाली थाने में आरक्षक से मारपीट के मामले में पूलिस ने एक पार्षद सहित नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है